भारत चीन सीमा पर स्थिति के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य माध्यमों से तीन महीने से प्रयास चल रहे हैं दोनों देशों के विदेश मंत्री और दो विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए थे कि स्थिति जिम्मेदारी से संभाली जानी चाहिए और किसी भी तरह से भड़काउ कार्रवाई या तनाव बढ़ाने की गतिविधि नहीं होनी चाहिए ताकि वहां आपसी समझौतों के अनुसार शांति बनी रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी कैबिनेट बैठक में आठ विभागों के एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है जिसमें पर्यटन नीति भी शामिल है हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोरोना संकमण की स्थिति पर समीक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं बैठक में कुछ राजकीय महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा मंत्री मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और सभी जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं

इस बीच भाजपा नेता और उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ कोरोना संकमित हो गए हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से संकमित हुए मंत्री और विधायकों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है

उधर देश में कोरोना संकमण की दर में कमी आई है और यह लगभग आठ दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में राजस्थान सहित कुछ राज्यों में संकमण की दर पांच प्रतिशत से भी कम है

इससे पहले कल पहले दिन आर्किट्रेक्चर और प्लानिंग बैचलर परीक्षा हुई इस दौरान परीक्षार्थियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क ग्लव्स और फेस शील्ड पहनकर परीक्षा दी इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं प्रदेश में आज से अवैध शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया रहा है इसके तहत हाईवे और ढाबों पर आबकारी विभाग के दस्ते चैकिंग कर रहे हैं

इनमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा

मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में अजमेर झुंझुनूं और सीकर जिले में और पश्चिमी क्षेत्र के बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है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

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें